इस अवसर पर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है

आजीविका मिशन पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विश्वास सांरग ने कहा है कि राज्य आजीविका मिशन से समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है वहीं महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है मोपाल में राज्य आजीविका मिशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में उन्होंने मिशन से जुड़ी पच्चीस लाख से अधिक महिलाओं से प्रदेश सरकार के नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने की अपील की इस मौके पर राज्य कौशल और रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष हेमन्त विजय राव देशमुख ने कहा कि आजीविका मिशन ने महिलाओं को आर्थिक स्वाबलंबन प्रदान किया है

चेक वितरण ग्रम स्वराज अभियान के तहत कल आयोजित आजीविका और कौशल विकास दिवस के मौके पर आगरमालवा जिले में आजीविका मिशन के तहत समूहों को बावन लाख रूपये की ऋण सहायता राशि वितरित की गयी वहीं इस अवसर पर लगाये गये रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की दस कंपनियों ने भी दौ सौ से अधिक बेरोजगारों का रोजगार के लिये चयन किया स्वरोजगार सम्मेलन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास के लिये सार्थक प्रयास किये जा रहे है जबलपुर में आयोजित आजीविका और खंड स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेकर उद्योग या व्यवसाय शुरू कर दूसरों को भी रोजगार देने का जरिया बने

इस मौके पर मध्यप्रदेश किसान खेत मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गूर्जर ने बताया कि यात्रा के दौरान कर्जमाफी फसल बीमा की पूरी राशि और ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिये जाने के संबंध में सरकार से मांग की जाएगी विभिन्न जिलों से गुजरने वाली इस यात्रा का समापन छह जून को मंदसौर में होगा साक्षरता शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल बैतूल में विधिक साक्षरता दिवस आयोजित किया गया इस मौके पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिये कानून में अनेक प्रावधान है उन्होनें कहा कि महिला को अगर किसी भी तरह की कानूनी जानकारी या सहायता चाहिये तो उसके लिये विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर निशुल्क सलाह या सुविधा ली जासकती है आवास योजना जनसंपर्क और संसदीय कार्यमंत्री डाक्टर नरोत्तम मिश्र ने कल दतिया में आठ सौ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिये एक एक लाख रूपये की पहली किश्त वितरित की इस मौके पर डाक्टर मिश्र ने हितग्राहियों से कहा कि वे घर बनाने के लिये मिली धनराशि का सदुपयोग करें

दुर्घटना में घायल लोगों को उपचार के लिये जिला अस्पताल पहुंचाया गया है दुर्घटना बारातियों से भरी एक बस की सामने से आ रहे ट्रक से टकराने के कारण घटित हुई

ऐसा करने पर दंडात्मक कार्यवाही होगी

कलेक्टर द्वारा गठित इस कमेटी में शिशु महिलाओं और पुरूषों के लिये अलग अलग कमेटी बनायी गयी है